हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में अपने नामांकन पत्र दाखिल किये

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड़डी ने आज नई दिल्ली में ढाबों रेस्तरां और होटलों के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो ऑन लाइन प्रणाली शुरू की कार्यक्रम में बोलते हऐ श्री रेड्डी ने कहा कि एकीकृत पोर्टल का उद्देश्य नियामक प्रक्रिया को सरल बनाना है और विभिन्न प्राधिकरणों से वैद्यानिक मंजूरी प्राप्त करने में पारदर्शिता लायेगा उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचने में भी मदद करेगा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरा चलाने के लिए कई लाइसेंस होती है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार व्यापार को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्व है और यह उसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले की प्रक्रिया में आवेदकों को नगरपालिका अग्निशमन विभाग पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण समिति से अलग से चार ब्नियादी स्वीकृतियां लेनी पड़ी थी जिससे प्रक्रिया बोझिल परेशानी वाली और अधिक समय लेती थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल विधानसभा क्षेत्रसे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया उनके साथ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर और रतन लाल कटारिया सांसद संजय भाटिया नायब सैनी और हरियाणा के मीडिया प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद थे

नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक रैली का आयोजन किया गया योगी आदित्य नाथ ने रैली को सम्बोधित किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कार्यकाल में हरियाणा में किए कार्यो के लिए उनकी प्रंशसा की लोगों को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली बार श्री करनाल की जनता ने उन्हें प्यार और आर्शीवाद दिया इसी की बदौलत पार्टी हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हऐ कहा कि कि पिछली सरकारें सता का खेल खेलती थी और अब सट्टे का खेल खेल रही है

मुख्यमंत्री ने कहा िक करनाल का एक एक कार्यकर्ता मनोहरलाल बनकर काम करे ताकि उन्हें अन्य जिलों में प्रचार करने का मौका मिले पंचकूला के मौजूदा विधायक ज्ञान चंद ग्रप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है

उल्लेखनीय है कि कालका विधानसभा क्षेत्र लतिका शर्मा भाजपा की उम्मीदवार होगी जिसे लेकर युवा मोर्चा व समर्थकों में ख्रशी का माहौल है आज कांगेस सरकार ने सहकारिता मंत्री और दो बार रहे सतपाल सांगवान कांग्रेस के अपने साथियों के साथ जन नायक जनता दल में शामिल हो गये

भिवानी खेड़ा से भारतीय जनता पार्टी के नरेश भवानी और पूर्व पार्षद जगदीश मिताथल ने भी जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की उधर आज कांग्रेस नेता आंनद सिंह ढांगी ने कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले ही महम से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है

उन्होंने कहा कि पार्टी सबका मान सम्मान रखेगी कई बार कार्यकर्ताओं को केन्द्र में भी जिम्मेदारी दी जाती है जिसके बारे पहले ही कार्यकर्ता को नहीं बताया जाता उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी को नाराज़गी नहीं है और पार्टी अनुशासित है यमुनानगर जिले में आज तीन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये सढौरा क्षेत्र के लिए दो और यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया सढौरा से नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में कोहिनूर स्वतंत्र पार्टी के माम चंद तथा जिंदाबाद क्रांति पार्टी के रणजीत सिंह शामिल है इसी प्रकार यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से बह्जन समाज पार्टी के योगेश कुमार ने नामांकन पत्रदाखिल किया

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रशासन की ओर से तैयारियां मुकम्मल की जा रही है

हरियाणा के पलवल में गांधी आश्रम से लेकर ताऊ देवी लाल पार्क तक सदभावना रैली निकाली गई रैली का आयोजन राजीव दीक्षित स्वदेशी रक्षक संघ टीचर एसोसिएशन ऐनीमल राईट्स और डा ए पी जे अब्द्रल कलाम एसोसिएशन पलवल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया टीचर एसोसिएशन ऐनीमल राईट्स के महासचिव ज्ञानदत ने बताया कि सदभावना रैली का उद्देश्य लोगों केा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने और गांधी जी के बताये हये रास्ते पर चलने के लिए प्ररित करता है उन्होंने कहा कि कल गांधी जयंती पर यह प्रण भी किया जायेगा कि पॉलिथीन व प्लास्टिक का प्रयोग आने जीवन में नहीं करेंगे

सेमीनार में सुभारंभ करते हऐ कालेज की प्राचार्य डा अर्चना मिश्रा ने पर्यावरण सम्बधी चिंताओं पर चर्चा की जिला योजना अधिकारी सुनील जाखड़ ने लोगों को सम्बोधित करते उन्हें प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में बताया

प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विचारधारा से सम्बधित चित्र प्रदर्शित किए जायेंगे प्रदर्शनी का शुभारंभ कल दोपहर साढ़े बारह बजे होगा

प्रवक्ता के अनुसार गिर फ्तार किए गये आरोपी की पहचान गुलाबंद निवासी सुनील के रूप में हई है और आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत थाना हसनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह इस गांजे को मथुरा निवासी महेश से खरीद कर कैंटर में लोड करके लाया था हरियाणा के अपराध शाखा के पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और धान की फसल सहित अन्य मौसमी फसलों को खरीद कार्यों बारे समीक्षा की इस मौके पर उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे